आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा

सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बच्चों को संस्कार और ज्ञान युक्त शिक्षा देने की जरूरत पर बल दिया है शिमला में कल एक निजी स्कल के वार्षिक पारितोषिक कॉर्यक्रम में उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा उभारने में अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए नर्सरी केजी की कक्षाए शुरू की गई हैं बिंदल राज्य सरकार ने सिरमौर ज़िले में नाहन नगर परिषद के तहत निर्मित होने वाले दो पार्किंग स्थलों के लिए एक करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कल ये जानकारी देते हुए बताया कि इससे शहर में लम्बे समय से चली आ रही पार्किंग समस्या का समाधान होगा

कांग्रेस धरना प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल के नेतृत्व में शिमला स्थित सीबीआई कार्यालय के बाहर कल धरना प्रदर्शन किया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने केन्द्र सरकार पर सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं को कमज़ोर किया जाना लोकतंत्र के लिए खतरा है और पार्टी इसे कतई सहन नहीं करेगी इस दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और पार्टी सहप्रभारी गुरकिरत कोटली सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे हादसा शिमला जिले के ठियोग उपमंडल में एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य घायल हुए हैं घायलों को आईजीएमसी रैफर किया गया है हादसा कल देर शाम अलोटी नामक स्थान पर हआ समाचार एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के अनुसार वाहन में सवार चारों व्यक्ति अलोटी गांव के ही रहने वाले थे पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल समेत चार राज्यों के आलू बीज पर प्रतिबंध दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचली आलू को लगा वायरस दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है केंद्र ने हिमाचली आलू बीज पर लगाई रोक दैनिक जागरण ने खबर दी है जनवरी में पेश हो सकता है हिमाचल का बजट मुख्यमंत्री ने दिया संकेत बडी घोषणाओं पर रोक दैनिक भास्कर ने लिखा है पैराग्लाइडिंग वर्ल्डकप कल से सुरक्षा के इंतजाम देखने नहीं पहुंची तकनीकी समिति अस्थायी शिक्षक रेगुलर करने को नए काननू पर काम शुरू शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है पंजाब और हरियाणा के बिल की तरह बनेगा ड्राफट जबकि दैनिक भास्कर की सुर्खी है सरकारी स्कूलों में जेबीटी टीचरों के सात सौ नए पद भरे जाएंगे प्रस्ताव बनकर तैयार हिमाचल में सतलूज नदी को मिला नेशनल वाटर वे का दर्जा शीर्षक से खबर को अमर उजाला ने सचित्र प्रकाशित किया है दिव्य हिमाचल ने प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है किसी को बिजली पानी से वंचित रखना गलत आपका फैसला ने खबर दी है प्रदेश सरकार के लिए सिरदर्द बना बागबानी मिशन तीन वर्षो में प्रोजेक्ट का कार्य मात्र चार प्रतिशत ही हुआ पूरा इसी समाचार पत्र ने मुख्यमंत्री के बयान को सुर्खी दी है जलरक्षकों की मांगों के समाधान को जल्द बनेगी नीति जम्मू कश्मीर में ऊना के जवान की शहादत से जुड़ी खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है दैनिक जागरण लिखता है सोपोर में बंगाणा का जांबाज शहीद एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय विकास की लौ में लिखा है कि बिजली उत्पादन करने वाले प्रदेश के कई गांवों में अब तक रोशनी न पहुंच पाना चिंतनीय है जरूरत ऐसा तंत्र विकसित करने की है कि प्रदेश के हर गांव को उसके हिस्से की धूप मिल सके दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय पैराग्लाइडिंग रोमांच के जोखिम में कांगड़ा की बिलिंग घाटी में हालिया हादसों से सबक लेते हुए यहां पैराग्लाइडिंग संस्थान को अंतरराष्ट्रीय मानदंडो के अनुसार मनोरंजन के साथ साथ सुरक्षा के दायरे को मजबूत करने पर बल दिया है